कांगड़ा ज़िलें में सबसे ज्यादा चार मतगणना स्थल चिन्हित किए गए हैं

जबकि शेष जिलों में एक एक स्थान पर ही वोटों की गिनती की जायेगी

इसके तहत चुनाव आयोग ने मतगणना स्थलों पर तैयारियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये है देशभर के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है वो मतदाता जागरूकता के लिए अपना भरपूर सहयोग देंगे वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया है कि सामुदायिक रेडियो देश के सभी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है उन्होंने बताया कि सामुदायिक रेडियो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का अब एक अभिन्न अंग बन जायेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर आज सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी काम काज से संबंधित अपनी सभी शाखाओं को खोलने की व्यवस्था करें भारत सरकार ने सभी भुगतान और लेखा कार्यालयों को आज रविवार को भी खोलने के निर्देश दिए हैं जिससे सरकारी प्राप्ति और भुगतान किया जा सके एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा है कि आरटीजीएस और एनईएफटी सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन आज भी विस्तारित समय तक काम करते रहेंगे

अधिकांश बैंकों की कोष शाखाओं में सरकारी धनराशि के लेनदेन के लिए कांउटर खुले रहे

निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़कर शेष सभी मंत्रियों व विधायकों की सुरक्षा मे कटौती की गई है प्रदेश की संयुक्त सुरक्षा आकलन समिति के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अब एक एक निजी सुरक्षा अधिकारी रख सकेंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्याम भगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शिमला में समिति की एक बैठक हुई जिसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा का आकंलन किया गया प्रदेश उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को प्रदेश लोकसेवा आयोग व अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यार्थियों को त्रंत प्रभाव से नियुक्ति देने के आदेश जारी किए है मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत और न्यायधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं उच्च न्यायलय ने इस बारे में प्रदेश सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए है

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड़डा के निदेशक किशोर शर्मा ने बताया कि गग्गल हवाई अड़डे से आज स्पाईस जैट गग्गल जयपूर व गग्गल दिल्ली के बीच दो नई विमान सेवा शुरू करेगा

दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने हवाले से लिखता है अनिल शर्मा को करना होगा भाजपा का प्रचार वहीं पंजाब केसरी ने अनिल शर्मा के हवाले से लिखा है मंडी में नहीं करूगा दसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए तैयार हूं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंत्रियों विधायकों की सुरक्षा वापस आपका फैसला लिखता है मुकेश को इंकार सुक्खू ताल ठोंकने का तैयार सर्वे में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर जीतने वाले यही हैं दो संशक्त उम्मीदवार इसी अखबार की एक अन्य खबर है गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला पहुंच रहे सैलानी हिमाचल दस्तक प्रदेश उच्च न्यायलय के हवाले से लिखता है अनुबंध अवधि को सेवा लाभ में जोड़ने पर जवाब तलब नरेंद्र सिंह नायक फैसले को लागू न करने पर हाईकोर्ट सख्त वहीं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत दें नौकरी